उन्होंने मुस्लिम युवाओं से मानवीय इस्लाम से जुडने और आध्रनिक विज्ञान और तरक्की के साधनों के प्रयोग की बात केही

नई दिल्ली में इस्लामिक विरासत समझ और उदारवाद को बढ़ावा देने विषय पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोई भी धर्म लोगों को असहिष्णु और हिंसा की शिक्षा नहीं देता और बेकसूर लोगों पर बर्बर हमले करने वाले कभी भी किसी धर्म से जूड़े नहीं हो सकते

उन्होंने कहा कि युवाओं को इस्लाम के मानवीय मूल्यों से जुड़ना चाहिए और प्रगति के लिए आधुनिक विज्ञान का उपयोग करना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि सभी धर्मों विविधताओं और संस्कृतियों को विकसित करना भारत की पहचान रही है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारी बहुलता का उत्सव है

देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कम्पनी इंडियन ऑयल ने बताया कि राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेण्डर छह सौ नवासी रूपए का मिलेगा

इसकी सभी कर्मी महिलाएं होंगी इस पहल के सफल रहने पर अगले तीन महीनों में एनएचएआई के संचालन वाले सभी टोल केन्द्रों में ये व्यवस्था लागू की जाएगी

जोधपुर में रेलवे तथा सुरक्षा एजेंसियों की बैठक में ये निर्णय लिया गया इस दौरान भगत की कोठी और मुनाबाव रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी फैसला लिया गया

जगह जगह होलिका दहन की तैयारियां की जा रही है विभिन्न चौराहो गली मौहल्लों में होलिका दहन के आयोजन हो रहे हैं वहीं मंदिरों में फागोत्सव मनाया जा रहा है और होली के गीत गाये जा रहे हैं सामाजिक समरसता प्रेम और सौहार्द के इस पर्व पर आज दिनभर बाजारों में रौनक छाई रही लोग रंग गुलाल पूजन सामग्री और मिठाइयों की खरीददारी में व्यस्त रहे बच्चों में अलग अलग रंगों की पिंचकारियों और मुखौटों की खरीददारी के प्रति उत्साह देखा गया बस स्टेण्ड और रेलवे स्टेशनों पर खासी भीड देखी जा रही है

कोटा के बांके बिहारी और झालरापाटन के द्वारिकाधीश मंदिर में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है बाड़मेर जिले में सीमा पर सीमा सुरक्षा बल सेना और वायुसेना की ओर से होली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कल धूलंडी पर रंगों की विशेष छटा रहेगी इस दिन सभी भेदभाव और मन मुटाव भुलाकर लोग एक दूसरे को रंग और अबीर गुलाल लगाते हैं पर्यटन विभाग की ओर से कल जयपुर में धूलंडी उत्सव का आयोजन किया जाएगा

सामाजिक संगठनों ने आमजन से पानी बचाने और सूखी होली खेलने की अपील की है होली के त्यौहार पर संभावित हादसों को देखते हुए जयपूर के सवाई मानसिंह सहित अन्य अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए हैं